सातवें चरण के लिए आज कई दिग्गजों ने नामांकन पत्र भरा

और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया

मैं हृदयपूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं सभी मतदाताओं से प्रार्थना करूंगा कि सभी मतदाता जहाँ जहाँ चुनाव बाकी हैं सभी चरण में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से एक लोकतंत्र के उत्सव के रूप में हमारे देश के मतदाता मतदान करें नामांकन दाखिल करने के मौके पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के कई शीर्ष नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भाजपा के बिहार मामलों के प्रभारी भूपेन्द्र यादव सहित अन्य कई केन्द्रीय मंत्री और एनडीए के घटक दलों के नेता मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट पर नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के अजय राय और समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव चुनाव मैदान में हैं सातवें और अंतिम चरण में आठ सीटों पर उन्नीस मई को हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए आज भी कई प्रमुख प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे दाखिल किये पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने आज पटना में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इससे पहले उन्होंने पटना में रोड शो किया जिसमें एनडीए के कई नेता शामिल हुए कांग्रेस नेता और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पर्चा भरा इधर आरा से भाजपा के आर के सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इसके अलावा बक्सर से भाजपा के अश्विनी कुमार चौबे राजद के जगदानंद सिंह और वहीं नालंदा से जदयू के कौशलेन्द्र कुमार और काराकाट से जदयू के ही महाबली सिंह ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया इस चरण के लिए नामांकन का कार्य उनतीस अप्रैल को समाप्त हो रहा है इधर जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी चन्देश्वर प्रसाद चन्द्रवंशी ने अपना नामांकन दाखिल किया डेहरी विधान सभा उप चुनाव के लिए भी नामांकन कार्य तेजी से चल रहा है पूर्व विधायक प्रदीप कुमार जोशी ने राष्ट्र सेवा दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया वहीं सीपीआई के ब्रजमोहन सिंह ने भी अपना पर्चा भरा प्रदेश में चौथे चरण में पांच लोकसभा सीटों दरभंगा उज्जियारपुर समस्तीपुर बेगूसराय और मुंगेर के लिए कल शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है इस चरण में उनतीस अप्रैल को वोट डाले जायेंगे इसे देखते हुए चूनाव प्रचार का कार्य चरम पर है एनडीए और महागठबंधन के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने समस्तीपुर में पार्टी प्रत्याशी अशोक कुमार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव सत्ता के लिए नहीं बल्कि संविधान की रक्षा के लिए होने वाला चुनाव है

सबसे ज्यादा फायदा बिहार की जनता हो होने वाला है राहुल गांधी के साथ राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा सहित महागठबंधन के कई नेताओं ने भी मंच साझा किया

श्रीमती करात ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कि वर्ष दो हजार चार से दो हजार आठ के बीच केंद्र में जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी तब देश में बेहतर काम हुए थे उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में जनता के हित में कोई काम नहीं हुआ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी के खिलाफ दाखिल किये गये मानहानि के मुकदमे में आज पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शपथ पर अपना बयान दिया मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशिकांत राय ने श्री मोदी की ओर से दाखिल शिकायती मुकदमे में उनका बयान कलमबंद किया योग गुरू बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवाद का समर्थन किया है आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार का लोकसभा चूनाव देश के पचास वर्षों का भविष्य तय करेगा

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मूद्दा यह है कि क्या इस फिल्म को इस वक्त प्रदर्शित किया जा सकता है उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस बार में जो फैसला किया है शीर्ष न्यायालय उसके खिलाफ कोई याचिका स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है चौथे चरण में समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाला है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यहां मुख्य मुकाबला लोजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला माना जा रहा है

पिछले लोकसभा चुनाव में भी दोनों के बीच ही मुख्य मुकाबला हुआ था जिसमें रामचंद्र पासवान को जीत मिली थी दोनों ही गठबंधनों के बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं कर चुके हैं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जहां चुनावी सभा की है वहीं एनडीए की ओर से जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने केन्द्र सरकार की उपलब्धियों के आधार पर समर्थन की अपील की है इस संसदीय क्षेत्र में बाढ़ बेरोजगारी पलायन और बंद पड़े कल कारखाने को फिर से चालू करना प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार लोकसभा के छठे चरण के चुनाव के लिए पांच उम्मीदवारों ने नाम वापस के अंतिम दिन आज अपने नामांकन पत्र वापस ले लिये हैं अब एक सौ सताईस उम्मीदवार चूनाव मैदान में रह गये है पूर्वी चंपारण से तीन उम्मीदवारों ने जबकि पश्चिम चंपारण और सिवान से एक एक उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र वापस लिये हैं इस चरण के तहत वाल्मिकीनगर पश्चिम चम्पारण पूर्वी चम्पारण शिवहर वैशाली गोपालगंज सीवान और महाराजगंज में बारह मई को मतदान होगा प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है कई स्थानों पर अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है गया राज्य का सबसे गरम स्थान रहा जहां का तापमान तैंतालीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया पटना का अधिकतम तापमान चालीस दशमलव दो जबकि भागलपुर का छत्तीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस तापमान रहा इधर राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर कल रात तेज आंधी के साथ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है वहीं कटिहार और पूर्णियां जिले में तेज आंधी और बारिश के कारण बड़े पैमाने पर मक्का गेहूं और केले की फसल को नुकसान पहुंचा है

तैंतालीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गया आज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा